कहा संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करना जरूरी देश में कोविड नाइन्टीन से अब तक तेरह लाख से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए

राज्य की कई नदियां उफान पर मुख्यमंत्री ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी के दिए निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में आयोजित सम्मेलन के अंतर्गत उद्घाटन भाषण देंगे इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए किया जा रहा है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस के अंतर्गत शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे इनमें समावेशी शिक्षा भावी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष और सदस्यों सहित वरिष्ठ शिक्षाविद तथा वैज्ञानिक इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे विश्वविद्यालयों के क्लपति संस्थानों के निदेशक कॉलेज के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारकों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की सम्भावना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई को और तीव्र करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को चुनौती मानते हुए इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लायी जाए उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करना आवश्यक है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जनपद कानपुर नगर वाराणसी गोरखप्र झांसी तथा प्रयागराज में कोविड नाइन्टीन के उपचार व संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर नगर में एसजीपीजीआई अथवा केजीएमयू के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी जाए जो वहां चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय वर्युअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी समारोह के दौरान देश भर के हथकरघा समूह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी परिसर सभी अट्ठाईस बुनकर सेवा केन्द्र राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और अन्य संबंधित पक्ष ऑनलाइन इस समारोह से जुड़ेंगे देश में एक दिन पूर्व कोविड नाइन्टीन के सर्वाधिक लगभग छह लाख पैंसठ हजार नमूनों की जांच की गई इन्हें मिलाकर देश में अब तक दो करोड़ इक्कीस लाख नमूनों की जांच हो चुकी है प्रतिदिन छह लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से अपने यहां जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है देश में अब तक तेरह लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब छियालीस हजार रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए स्वस्थ होने की दर सड़सठ प्रतिशत से अधिक हो गई है मृत्यु दर भी कम होकर दो दशमलव शून्य सात प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश भर में लगभग छप्पन हजार लोग कोरोना से संक्रमित हुए देश में अब तक लगभग उन्नीस लाख चौंसठ हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं लगभग छह लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर चालीस हजार छ सौ निन्यानबे हो गई है प्रदेश में अब तक तिरसठ हजार चार सौ दो कोरोना मरीजों को पूरी तरह ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इस समय प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के तैंतालीस हजार छह सौ चौवन सक्रिय मरीज हैं जिनमें से चौदह हजार दो सौ छह मरीज होम आइसोलेशन एक हजार दो सौ बयासी निजी अस्पतालों में तथा एक सौ अठहत्तर मरीज सेमीपेड फैसिलिटी में और शेष कोरोना संक्रमित एल वन एल टू एल थ्री अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं राज्य में एक दिन पूर्व कोविड नाइन्टीन के सत्तासी हजार तीन सौ अड़तालीस नमूनों की जांच की गई अब तक कुल सत्ताईस लाख सत्तानबे हजार छः सौ सत्तासी नमूनों की जांच की जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये लखनऊ में कल एक बैठक में श्री योगी ने तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने को कहा जिससे बांधों में कटान की लगातार निगरानी होती रहे उन्होंने जिलाधिकारियों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक संख्या में नौकाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये साथ ही जलजनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्रवाई करते हुये समुचित मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये इस बीच प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है राप्ती नदी गोरखपुर में सरयू नदी अयोध्या बलिया और बाराबंकी में तथा शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में लाल निशान के ऊपर बह रही है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के दो और जिले बलिया और महराजगंज भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं जिसके बाद राज्य में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर सत्रह हो गयी है उन्होंने कहा कि तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं

यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से दूसरे पहर ग्यारह बजे रवाना होगी और बिहार के दानापुर के बीच फल सब्जियां मछली मांस और दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्त्ओं की ढलाई करेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल आज वीडियो सम्पर्क के माध्यम से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे रेल मंत्री ने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य किसान रेल के माध्यम से खेती करने वालों की आमदनी को दोग्ना करना है किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे बनाये गए हैं और इसके माध्यम से देशभर में मछली मांस और दूध सहित जल्दी खराब होने वाली कई वस्तुएं निर्बाध रूप से पहंचाई जा सकेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की सप्लाई चेन उपलब्ध कराने के लिए इस साल के बजट में किसान रेल प्रारंभ करने की घोषणा की थी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी होगी प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विमिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे निबंधों का चयन दो स्तरों पर किया जाएगा पहले स्तर पर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश इन्हें अंतिम रूप देंगे एनसीईआरटी के विशेषज्ञों की एक टीम प्रत्येक राज्य से दस निबंधों का चयन करेगी जिन्हें अंतिम चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेजा जाएगा प्रतियोगिता के अगले चरण में नौवीं और दसवीं तथा ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए तीस निबंधों का चयन किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार राशि के बारे में घोषणा बहुत जल्द की जाएगी विद्यार्थी अपनी प्रविष्टियां एचटीटीपीएस कोलन डबल स्लैश इनोवेट डॉट माईगॉव डॉट इन स्लैश एस्से पोर्टल पर चौदह अगस्त तक भेज सकते हैं महराजगंज जिले में मछली पकड़ने ताल में गए तीन लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई दुर्घटना थाना बृजमनगंज के अंतर्गत गांव कानापार में हुई ग्रामीणों ने बताया कि तीनों व्यक्ति नाव से ताल में मछली पकड़ने गए थे लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटे जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी कल एनडीआरएफ और पीएसी के संयुक्त दल ने मृतकों के शव ताल से बरामद किए